जदयू अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चौबीस मार्च को करेगी आम चुनाव के लिये सोशल मीडिया ने स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की

रंगों उमंगों और ख़ुशियों का त्योहार होली आज राजधानी पटना समेत राज्यभर में परंपरागत हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है बंसत ऋतु का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है इस अवसर पर भजन लोकगीत और रंग गुलाल के साथ समाज के विभिन्न वर्गो की ओर से जगह जगह सामूहिक होली का आयोजन किया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोग सड़कों और गली मोहल्लों में हर्षोल्लास के माहौल में होली मना रहे हैं इस अवसर पर घरों में खास व्यंजन भी तैयार किये गये हैं होली के मद्देनजर प्रदेश में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली का पर्व हमारे बहुसांस्कृतिक समाज के जीवंत रंगों का प्रतीक है उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली का त्योहार हमारे जीवन में शांति सौहार्द समृद्धि और खुशहाली लायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने होली के शुभ अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुये उम्मीद जतायी है कि होली का यह त्योहार हमारी एकता और सद्भावना के रंगों को और प्रगाढ़ करेगा राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान रालोसपा संरक्षक उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं चूनाव आयोग होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है आयोग ने खास तौर पर झुग्गी बस्तियों अनाधिकृत कॉलोनियों बड़े होटलों और फार्म हाउस जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले होली मिलन कार्यक्रमों पर ख्रफिया टीमों की तैनाती की है महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कल किया जायेगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस बात की पूष्टि करते हुए कहा है कि महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट हैं सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की पहली सूची में कुछ लोकसभा सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किये जायेंगे वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चौबीस मार्च को करेगी प्रदेश में ग्यारह अप्रैल को प्रथम और अठारह अप्रैल को दूसरे चरण के लिए हो रहे लोकसभा के चुनाव के लिये अब तक सत्रह उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि प्रथम चरण के औरंगाबाद और गया लोकसभा क्षेत्र के लिए ग्यारह तथा नवादा के लिए दो उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है श्री सिंह ने बताया है कि द्रसरे चरण के लिए कटिहार से दो और बांका तथा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से एक एक उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है जबकि दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार छब्बीस मार्च तक नामांकन कर सकते हैं उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में ग्यारह अप्रैल को औरंगाबाद गया नवादा जमुई और दूसरे चरण में अठारह अप्रैल को किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे सोशल मीडिया और भारत के इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन आईएएमएआई ने आगामी आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की है निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस आचार संहिता को लागू किया है इसके तहत चूनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी

इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है कल नई दिल्ली में सोशल मीडिया संबंधित इस आचारसंहिता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को सौंपा गया

निर्वाचन आयोग ने नवादा संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग वोटरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विनय कुमार सिन्हा को दिव्यांगों का जिला आइकॉन बनाया है जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि दोनों हाथ और एक पैर से दिव्यांग विनय सिन्हा प्रखंड के कचहरियाडीह गांव में घर घर जाकर वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं इस गांव के अस्सी प्रतिशत लोग दिव्यांगता के शिकार है जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि दिव्यांग वोटरों को मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाएगी बिहार दिवस के मौके पर कल से चौबीस मार्च तक राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा मुख्य कार्यक्रम कल पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होगा इसके अलावा जिला मुख्यालयों में भी बिहार दिवस के मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि बरौनी से नई दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के लिए तेईस और चौबीस मार्च को विशेष ट्रेने चलाई जाएगी वहीं दरभंगा से हावडा के संतरागाछी स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन कल तक किया जाएगा दरभंगा से यह विशेष ट्रेन शुक्रवार दोपहर एक बजकर पचास मिनट पर खुलकर अगले दिन सुबह आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर संतरागाछी पहुंचेगी भोजपूर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में कायमपूल के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या तीस पर एक वाहन के अनियंत्रित हो कर पलटने से चार लोगों की मौत हो गयी वहीं दो अन्य घायल हो गये इधर पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में रिथित नहर में नहाने के दौरान पांच युवकों की गहरे पानी में ड्रबने से मौत हो गई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार तिवारी ने बताया कि सभी मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से चार चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है नवादा जिले के रजौली थाना के रजौली बाजार में बस स्टैंड को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में छह लोग घायल हो गए हैं सभी घायलों को रजौली और नवादा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा सीवान रेलखंड के एकमा स्टेशन के पश्चिमी आउटर सीमा के पास ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत हो गयी शेखप्रा जिला प्रशासन ने लोकसभा चूनाव को लेकर सभी शस्त्रधारियों से आगामी अठाईस और उनतीस मार्च को संबंधित थानों में अपने शस्त्रों का सत्यापन कराने का अंतिम अवसर दिया है खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के मिल रोड में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर इक्यावन बोतल विदेशी शराब और तीन लाख बीस हजार रूपये नकद के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में पंद्रह मार्च को एक निजी बैंक के कर्मचारी से चालीस हजार रूपये लूट की घटना में शामिल चार लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

जदयू अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चौबीस मार्च को करेगी आम चुनाव के लिये सोशल मीडिया ने स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की